इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल के दिसंबर महीने तक सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण संभव हो सकेगा देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण के मामले निरंतर घट रहे हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि क्ल संक्रमित लोगों में से केवल पंद्रह दर्शमलव शुन्य सात प्रतिशत लोगों का इलाज चल रहा है मंत्रालय ने यह भी केहा है कि देश में अभी छत्तीस लाख तिहतर हजार से अधिक मामले हैं स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव आठ तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन लाख तिरपन हजार से अधिक लोग स्वस्थ्य हए हैं इसे मिलाकर देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढकर दो करोड चार लाख से अधिक हो गई है कई दिनों से औसतन तीन लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख छब्बीस हजार से अधिक नए लोग संक्रमित हुए हैं इस दौरान तीन हजार आठ सौ नब्बे लोगों की मृत्य हुई है इसे मिलाकर मरने वालों की संख्या दो लाख छियासी हजार से अधिक हो गई है

राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गयी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरासी दशमलव शन्य पांच प्रतिशत हो गई है जो कि राष्ट्रीय रिकवरी रेट से शन्य दशमलव पांच पांच अधिक है स्वस्थ होनेवाले रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सात हजार एक सौ बारह थी जो संख्या नये सक्रिय मामले की संख्या से लगभग दोगुनी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पैतालीस हजार छप्पन पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार सात सौ छियहतर नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी संक्रमण दर घटकर चार प्रतिशत तक पहुंच गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मात्र छियहतर संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से हो गई है पहले दिन राज्य के सैतीस हजार छह सौ बेरासी युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज ली जो निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ आठ प्रतिशत ही कम है राज्य में इस आयु वर्ग के करीब डेढ़ करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है युवाओं में टीकाकरण को लेकर जबर्दस्त उत्साह है जिसके कारण क्छ जिलों में कुछ मिनटों में ही टीकाकरण का स्लॉट समाप्त हो जा रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली राज्य में टीकाकरण अभियान में अब तक अठाइस लाख उनचालीस हजार तीन सौ बेरानबे लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वहीं छह लाख उनसठ हजार नौ सौ चौसठ लोगों ने टीके की दूसरी डोज ले ली

इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इंस्तेमाल की अनुमति दी है यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा यह दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में एकत्र हो जाती है और फिर इस वायरस के फैलने को रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है इस दवा के प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण से पता चला है कि इससे कोविड के मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन की निर्भरता भी कम होती है इस दवा का देश में आसानी से उत्पादन और वितरण किया जा सकता है

अभी तक तीन हजार चार सौ सतहतर टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन टैंकरों में लोड कर ट्रेन से भेजा गया हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस को निर्धारित समय में परिचालन करने के लिए राउरकेला बंडामंडा रेलखंड और नवनिर्मित रांची टोरी लाइन का उपयोग किया जा रहा हैं वहीं टाटा स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लोड होकर टाटानगर स्टेशन से देहराद्रन उतराखंड तक ऑक्सीजन टैंकर को भेजा रहा है अभी तक उत्तरप्रदेश के लिए ग्यारह टैंकर मध्यप्रदेश के लिए सात हरियाणा के लिए पांच ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया जा चुका हैं इसके अलावा कर्नाटका तेलंगाना दिल्ली भी ऑक्सीजन टैंकरों को टेनों से भेजा जा चुका हैं झारखंड के टाटानगर से एक सौ बीस मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के छह कंटेनर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओखला नई दिल्ली पहुंच चुकी है रेलवे ने पिछले बीस दिनों में देशभर के विभिन्न राज्यों में लगभग सात हजार नौ सौ टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है अभी तक एक सौ तीस ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचा चुकी हैं

ई पास झारखंड डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उदेश्यों या अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा वहीं राज्य में आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों को अपना निबंधन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट झारखंड ट्रैवल डॉट इन पर कराना अनिवार्य होगा

राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य है

इसके अलावे प्रधानमंत्री संभावित चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे इस बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भाग लेंगे राज्य के वैसे स्वास्थ्यकर्मी जो संक्रमित के संपर्क मे आएंगे उनका पहले आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा टेस्ट में पॉजिटिव पाये जाने पर ही उन्हें आइसोलेशन मे भेजा जाएगा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबध मे आदेश जारी करते हुए सभी जिलें के उपायुक्तों को दे दी है विभाग की ओर से बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत पड़ रही है लेकिन कई स्वास्थ्यकर्मी सिर्फ संक्रमित होने की बात पर आइसोलेशन मे चले जा रहे है इस वजह से मानव बल की कमी हो गई है

अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे समाज में परिवार एक आधारभूत इकाई है श्री नायडू ने कहा कि प्रत्येक परिस्थितियों मजबूत परिवार की वजह से ही हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं झारखंड की क्रिकेट खिलाड़ी इंद्राणी रॉय का भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट में इंगलैंड दौरे के लिए चयन हुआ है भारतीय टीम में झारखंड की विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन तीनों फार्मेट टेस्ट वन डे और टी टवेंटी के लिए किया गया है

इस वजह से बिजली आपुर्ति प्रभावित हो रही है

इससे पहले भी यह हाथी दो लोगों को रौंद कर मार चुका है